मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को याद रखने का युवाओं से किया आह्वान केन्द्रीय मंत्री जेपी नड़्डा ने कहा सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगामी संसदीय चुनाव में पहले के मुकाबले बड़ी जीत करेगी हासिल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आगामी इक्कीस जनवरी से तेईस जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं श्रीमती स्वराज ने कहा कि इस तीन दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिये इस बार पांच हज़ार आठ सौ दो प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आयोजन का औपचारिक उद्घाटन किया जायेगा इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे तेईस जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका समापन करेंगे समापन अवसर पर भारतवासियों के उत्थान के लिये काम करने वाले और विभिन्न मंचों पर अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के लिये भारत का नाम रौशन करने वाले तीस प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जायेगा श्रीमती स्वराज ने बताया कि इक्कीस जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जायेगा जिसमें मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के सांसद चरनजीत सिंह बख्शी और नॉर्वे के सांसद हिमांगु गुलाटी होंगे

इसमें जो विशेषज्ञ है उस क्षेत्र के उनको बाहर से बुलाते है और जो विशेषज्ञ भारत में हैं उनको बैठाते है दिन भर चर्चा करते है और फिर जो उनकी अनुशंसाये होती है उसे बड़े प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी प्रतिभागियों के सामने रखकर चर्चा करवाते है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सिलसिले में तीन तरह की व्यवस्थायें प्रमुख रूप से की गई हैं श्री योगी ने कहा कि काशी आतिथ्य के तहत नगर के कुछ परिवारों को चुना गया है जो अपने घरों में भारतीय प्रवासियों को ठहरायेंगे काशी में टेंट सिटी बनाई गई जहां विभिन्न सुविधाओं के साथ स्विस कॉटेज की व्यवस्था है इसके अलावा नगर के प्रमुख होटलों में उनके ठहरने का इंतज़ाम किया गया है इसके अलावा भारतीय प्रवासियों को काशी नगर के भ्रमण के साथ साथ प्रमुख घाटों महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराया जायेगा उन्होंने कहा कि इस दौरान गंगा अवतरण सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस अतिथियों के लिये अलौकिक अनुभव का अवसर होगा

क्योंकि प्रवासी दिवस में एक सरकारी कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाओं या फिर भारत के साथ अपने अन्मवों को शेयर करने के साथ साथ भारत की संस्कृति भारत की परम्परा और समृद्ध भारत की उस तस्वीर को देखने का वह अवसर उन्हें नजदीक से नहीं मिल पाता था यह पहला अवसर होगा जब काष्टी और प्रयागराज में सभी प्रवासी भारतीयों को आने का अवसर प्राप्त होगा हम लोग इसके लिये पूरी तरह तैयार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज आ रहे हैं एक दिवसीय प्रवास के दौरान श्री कोविंद संगम तट पर चल रहे कुंभ में पूजा अर्चना के अलावा अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान वह कई प्रमुख साध् संतों और धार्मिक विद्वानों से मुलाकात करेंगे इसके अलावा श्री कोविंद प्रयागराज में स्थापित महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे बाद में राष्ट्रपति अरेल क्षेत्र स्थित परमार्थ निकेतन में विश्व शांति यज्ञ में भाग लेंगे तथा वह महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के अवसर पर गांधी पुनरूत्थान सम्मेलन का उदघाटन भी करेंगे इस बीच प्रयागराज कूंम में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आने का क्रम जारी है कुंन को दिव्य भव्य और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर व्यवस्थाए की गई हैं एक रिपोर्ट प्रयागराज कृंम न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का साक्षी है बल्कि स्वच्छता सहित सामाजिक और अन्य विषयों पर जागरूकता पैदा कर रहा है

प्रदर्शनी में दर्शक कवपृत्ती शो द्वारा स्वच्छता पर दिये जा रहे संदेश में गहरी रूचि दिखा रहे लोग उस पटल पर भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जहां पर स्वच्छता में योगदान की वह शपथ लेते है और उसका प्रमाण पत्र उनको मशीन द्वारा हाथों हाथ प्राप्त हो जाता है

मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार कृंभ मेला प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के वीर सप्तों के त्याग और बलिदान के बाद हमें आजादी मिली है आज भी हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की रक्षा कर रहे हैं इस आजादी की कीमत युवाओं को समझनी होगी भेदभाव से ऊपर उठकर देशहित में सोचना होगा मुख्यमंत्री कल गोरखप्र के मण्डलीय कारागार परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित सैनिक सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर देश भर में सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किये जा रहे हैं सम्मान समारोह का यह सिलसिला सोलह से सत्ताईस जनवरी तक चलेगा उन्होंने कहा कि देश में हथियारों के निर्माण के लिये दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा केन्द्र सरकार ने की है इनमें से एक उत्तर प्रदेश में बनाया जायेगा फरवरी महीने में प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास कराया जायेगा मुख्यमंत्री मण्डलीय कारागार के उस कक्ष में भी गये जिसमें अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गयी थी श्री योगी ने उनके चित्र पर पुष्प चक्र चढ़ा कर श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि यह शहीद स्थल तीर्थ स्थल जैसा है इसके विकास के लिये पर्यटन विभाग से एक करोड़ अट्ठासी लाख की धनराशि स्वीकृत करायी गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सत्रह शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने समाजवादी पार्टी और बसपा के चुनावी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा है कि इस गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार है श्री नड्डा ने कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किये गये विकास और जनकल्याणकारी कामों के आधार पर भाजपा को प्नः जनसमर्थन हासिल होगा और उसे संसदीय चुनाव में पहले के मुकाबले में ज़्यादा सीटें मिलेंगी श्री नड़डा ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों के हित के लिये कई अहम काम किये हैं

श्री नड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने उन छियालिस लाख किसानों के कर्ज माफ कर दिये हैं जिन्होंने एक लाख रूपये तक के कर्ज़ का भुगतान नहीं किया था उन्होंने कहा कि सिर्फ़ एक सौ ग्यारह दिनों के अंदर आठ लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना का लाम उठाया है इस बीच श्री नड्डा ने संगठन को और मजबूत करने के अलावा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया

वह लगभग पचहत्तर वर्ष के थे संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये उन्हें दो हजार सत्रह में पदमश्री सम्मान से नवाजा गया था इससे पूर्व उन्हें दो हजार नौ में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था